मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में सोलन सिरमौर और शिमला के विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की उन्होंने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से नाबार्ड के तहत विधायकों की प्राथमिकताओं के कार्यो के क्रियान्वयन में वृद्धि का भी ऐलान किया

बैठक में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने गिरी गंगा को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के अलावा जुब्बल के कृप्पड़ को स्कींग स्थल के रूप में उभारने का आग्रह किया इस दौरान सभी जिलों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों व समस्याओं संबंधी सुझाव दिए बैठक में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे सरवीण चौधरी राज्य सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आयुष चिकित्सा प्रणाली लोगों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की हैं

इसके अलावा मकरोटी से भैरों सड़क की चार करोड़ की डीपीआर मंजूरी के लिए भेजी गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सम्पर्क के लिए टोल फ्री नंबर और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केन्द्र आरंभ किया है

आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक सामान्य सेवा केन्द्र के साथ ही ऐसे साढ़े सात सौ केन्द्रों का चयन किया है जहां चरणबद्ध रूप से विस्तारित सेवा आरंभ की जाएगी

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा

कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा